प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हम मन्ष्यों को प्रकृति प्रेमी इसके रक्षक और संवर्धक बनना चाहिए ताकि प्रकृति में संत्ल बना रहे

महाविदयालयों और विश्वविदयालयों में हाल ही श्रू हये नये शैक्षणिक सत्र पर श्री मोदी ने कहा कि विदयार्थी को शांत रह कर कालेज जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए और किताबें पढ़ने के अलावा नई चीजें खोजनें की प्रवृति रखनी चाहिए जो नयी सिक्ल भाषा सांस्कृति जगह के रूप में हो गरीबी से जूझ रके परिवारों द्वारा हासिल किये गये मुकाम के बारे करते हए श्री मोदी ने कहा कि अगर मन में दृढ़ निश्चय और आत्म विश्वास हो तो कोई भी आपको अपनी मंजिल हासिल करने से रोक नहीं सकता प्रधानमंत्री ने दो आईटी व्यवसायियों के बारे में बताते हए कहा कि उन्होंने एक ऐसा स्मार्ट गांव एप तैयार किया है जो गांव के लोगों को प्री द्निया से जोड़ रहा है ताकि वे कोई भी जानकारी ख्द अपने मोबाइल पर ले सकें श्रीमोदी ने शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देते हए कहा कि शिक्षा समाज को अंधविश्वास और विश्वास का फर्क समझाती है श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे हर्षोल्लास से इको फ्रेडिली गणेश उत्सव मनाये

श्रीमोदी ने बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हुए कहा कि उनकी देश भक्ति की गाथाएं श्रोताओं से सांझी की और उनको नमन किया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यम्ना नदी में आई बाढ़ से फसलों के न्कसान की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी किये जाने के आदेश दिये है म्ख्यमंत्री ने प्रदेश मे हो रहे बरसात और बाढ़ की रोकथाम के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए ब्लाई गई एक आपात बैठक मे ये आदेश दिये उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य तरीकों से मुआवजा दिया जायेगा

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन बारिश व बाढ़ को लेकर सतर्क है तथा यम्नानगर करनाल पानीपतसोनीपत पलवल के अधिकारी सेना व बाढ़ राहत एजेंसियों से सम्पर्क में है बाढ़ में नियंत्रण के लिए प्रे प्रयास किये जा रहे है तथा मेडिकल व रेस्क्यू टीम प्री तरह से तैयार है व अभी तक बाढ़ से किसी मृत्य् होने के समाचार नहीं है म्ख्यमंत्री ने अधिकारियों को म्स्तैद रहने के आदेश दिये और कहा कि यदि वर्षा से स्थिति बिगड़ती है तो त्रंत मदद करने की लिए कदम उठाये जायें

इस साल के अंत तक फुटवियर निर्माता उद्यमियों को इस प्रस्तावित पार्क में प्लाट आंवटित कर दिये जायेंगे

हरियाणा के राज्यपाल प्रोकप्तान सिंह सोलंकी ने कहा है कि शहीदों के बलिदान से ही देश को आज़ादी मिली है और इसमे हरियणा के सैनिकों का अहम योगदान है तथा सैनिकों का सम्मान करना सभी का नैतिक दायित्व है राज्यपाल आज पलवल में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों के परिवारों के सम्मान समारोह मे बतौर मुख्य अतिथि लोगों को सम्बोधित कर रहे थे राज्यपाल ने पलवल जिले के शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किये श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सेनी ने कहा है कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग दो दर्जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ उन्हें उठाना चाहिए ये लाभ हरियाणा भवन एंव सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास पंजीकृत श्रमिकों को मिलता है